स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन के मददेनजर प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम

राज्य में दक्षिण पूर्वी हिस्से में कई जगह भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर भारी से बहत भारी बारिश की चेतावनी दी

राज्यस्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के सवाईमानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जायेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे मुख्यमंत्री समारोह में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अधिकारियों कर्मचारियों और संस्थाओं को सम्मानित करेंगे

स्वतंत्रता दिवस समारोह जिलों ब्लॉक और उपखंड मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने की सभी तैयारियों हो गई है जिला मुख्यालयों पर प्रभारी मंत्री झंडारोहण करेंगे

आकाशवाणी से इसका प्रसारण शाम सात बजे से किया जायेगा श्री कोविंद का संबोधन हिन्दी भाषा में होगा और इसके तुरंत बाद इसका अंग्रेजी संस्करण प्रसारित किया जाएगा

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज जयपुर में जनपथ पर स्थित अमर जवान ज्योति पर राजस्थान प्लिस बैण्ड की ओर से देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम पेश किया गया

आज पुलिस मुख्यालय में पत्रकार्रो से बातचीत करते हुए उन्होंने जयपुर में हुई उपद्रव की घटना को लेकर लोगों को आश्वस्त किया कि स्थिति में सुधार हो रहा है

शहर के प्रभावित इलाके में स्थिति नियंत्रण में है

इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुर्लिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से मुलाकात कर पिछले दो दिनों से शहर में हुई घटनाओं के मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की

आज एक संदेश में श्री गहलोत ने कहा कि पूरे देश में हमारा राज्य अमन और चैन के लिए जाना जाता है लेकिन पिछले कुछ दिनों से जयपुर में कुछ साम्प्रदायिक तत्व राजनीतिक उद्देश्य के कारण इस अमन चैन को भंग करने का निंदनीय प्रयास कर रहे है और समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते है उन्होंने प्रदेशवासियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की

पिछले सर्वेक्षण के मुकाबले तीन गुना पैमाने पर होगा

उन्होंने कहा कि इस कवायद का मकसद स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है

इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव में पांच सार्वजनिक स्थानों का सर्वेक्षण किया जाएगा

समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए योगदान देने वाले विद्वानों का सम्मान किया श्री गहलोत ने कहा कि संस्कृत में देश की संस्कृति और परम्परा निहित रही है और ये भाषा देश विदेश की बहत सी भाषाओं की जननी भी है संस्कृत दिवस के सिलसिले में राज्यपाल कल्याण सिंह के संदेश का आज आकाशवाणी से प्रसारण किया जाएगा

इस पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है और बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान रोडवेज ने महिलाओं को प्रदेश की सीमा में मुफ़त यात्रा की सौगात दी है उधर भरतपुर में आज ही रक्षा बंधन के सिलसिले में अनूठा आयोजन हुआ हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के शास्त्री पार्क में एक साथ करीब पांच सौ भाई बहनों ने हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन मनाया

पीएफएस द्वारा वित्त आयोग के समक्ष राज्य के वित्त और विकास तथा प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा

जयपुर बारां धौलपुर दौसा झालावाड पाली नागौर बांसवाड़ा और सवाईमाधोपुर में आज दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है आज की बारिश के बाद उदयपुर संभाग का बांसवाड़ा स्थित संबसे बड़ा माही बांध छलक गया है दूंदी जिले में आज सुबह से ही मूसलाधार बरसात होने से कई बस्तियों में पानी भर गया है

कोटा में कल रात से बारिश का दौर जारी है जिसकी वजह से चम्बल नदी में पानी की आवक हो रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है

इसके तहत रोहिड़ा के पौधे वितरित किए गए